प्रदेश में आज से मिलावटी वस्तुओं की रोकथाम के खिलाफ चलाया जाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीआईडी सीबी के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को सौंपी है श्री गहलोत ने कहा है कि यह घटना कोई जातीय संघर्ष नहीं था न ही कोई पूर्व नियोजित प्रकरण था यह भूमि के ट्कडे पर कब्जे को लेकर दो परिवारों के बीच का झगडा था जो इस हृदय विदारक घटना में बदल गया मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार मंदिर के अधीन आने वाली जमीनों पर पुजारियों के हितों के संरक्षण के लिए सदैव प्रयासरत रही है इधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कल मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दस लाख रूपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा इस बीच विधायक रमेश मीणा ने भी परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी

बैठक में राज्यों के लम्बित जीएसटी क्षतिपूर्ति भूगतान के तरीके पर विचार विमर्श की संभावना है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठक में भाग लेंगे पिछली बैठक में श्रीमंती सीतारामन ने वस्तु और सेवा कर लागू होने या कोविड महामारी के कारण इस वर्ष राज्यों के जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई से इनकार नहीं किया जा सकता

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय में उनकी जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है विजया राजे सिंधिया सात बार लोकसभा और दो बार राज्य सभा के लिए सांसद चुनी गई थीं

डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार संवाद की पांचवीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संकमण से बचाने के लिए एक से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्यौहारों के दौरान आवश्यक ऐहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने और मंदिरों में भी मास्क का उपयोग करने को कहा

इधर झंझनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है

इसे हराने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है

राज्य भर में चल रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कल दौसा जिले में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि आने वाले त्यौहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये यह अभियान चलाया जायेगा

इस मामले में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन भर्तियों में पांच फीसदी आरक्षण के तहत लाभ नहीं दिया जा सकेंगा सरकार ने बताया कि इन दोनों परीक्षाओं की प्रकिया में नियुक्ति आदेश पांच प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी होने से पहले ही हो गए थे

इस कारण से इन भर्तियों में चार प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जा सके

राजस्थान रॉयल्स की यह तीसरी जीत है